वे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे तथा इस अवसर पर आयोजित एकता दिवस परेड को देखेंगे और एकता की शपथ दिलायेंगे

इनमें स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए एकता क्रज सेवा की शुरूआत एकता मॉल और चिल्ड्रेन न्युट्रिशियन पार्क का उद्घाटन शामिल है

रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या बढने इलाज करा रहे मरीजों की संख्या लगातार घटने और मृत्युदर कम बनी रहने के कारण भारत में कोविड मरीजों की संख्या कम करने में मदद मिली है

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन का समर्थन करते हए योग प्रशिक्षक लक्ष्मी यादव ने कोरोना से बचने के ॅलिए नागरिकों से मास्क पहनने और दो गज की दूरी के नियम का पालन करने की अपील की है

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर आज मुरैना में जौरा विधानसभा के शेखपुरा में बघेल जलालपुर जैतपुर महोना रूनीपुरा निधान में जनसंपर्क करेंगे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम मुरैना के अंबाह में रोड शो करेंगे इसके पहले श्री सिंधिया आज दोपहर डकाच्या में आमसभा को संबोधित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल इन्दौर के सांवेर में रोड शो में हिस्सा लेंगे और मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे उज्जैन दुर्घटना उज्जैन के पास पंवासा थाना क्षेत्र के पांडयाखेड़ी चौराहे पर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक पर सवार परिवार को टक्कर मार दी इस हादासे में तीन बच्चों की मौके पर मौत हो गई इलाज के दौरान बच्चों की मां ने दम तोड़ दिया

गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल में भर्ती किया गया है हादसे में एक साइकिल सवार भी घायल हो गया है उच्च शिक्षामंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया उन्होंने जिला कलेक्टर को उज्जैन की सड़कों पर दुर्घटना की आशंकाओं वाले स्थानों की पहचान करने और उनमें सुधार करने के निर्देश दिये मतदाता जागरूकता प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है इंदौर जिले के सांवेर में ग्रामीण महिलाएं रंगोली और मेंहदी बनाकर मतदान का संदेश दे रहीं है स्वीप अभियान के तहत उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पाठशाला मतदाता शपथ जागरुकता होर्डिंग लगाना रैली निकालना और बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का सम्मान जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं कला पथक के दल गीत संगीत के माध्यम से मतदाताओं को मतदान की महत्ता समझा रहे हैं छतरपुर जिले के बड़ामलहरा विधानसभा उपचुनाव में मतदान की शपथ दिलाई गई ग्वालियर कलेक्टर ने एक पत्र के जरिए मतदाताओं से तीन नवंबर को मतदान की अपील की है खंडवा जिले की मांधाता सीट पर भी विभिन्न गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है देवास जिले के हाट पिपल्या विधानयसभा उपनिर्वाचन में मतदाता जागरूकता के लिए बोटर सेल्फी पावइंट बनाये गये हैं मौसम प्रदेश में रात के तामपान में लगातार हो रही गिरावट से ठंडक बढ़ती जा रही है लेकिन दिन में तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक बना हुआ है मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी होने और ठंडी हवाएं चलने के बाद ही प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट आयेगी और दिन में तेज सर्दी पड़ने लगेगी

आईपीएल आईपीएल के अबुधाबी में कल रात खेले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पांच विकेट से हरा दिया है

आज दुबई में चेन्नई सुपरकिंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

वे कल सागर में मौजूद थे बैठक में उन्होंने कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों के मन में कोरोना से बचाव का भरोसा पैदा करना जरूरी है